इसमें पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष विषय विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पत्रकारों को बताया कि इस दौरान हिमालयी राज्यों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए वैचारिक मंथन किया जायेगा उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फाइनेंस कमीशन को हिमालयी राज्यों की स्थिति की और अधिक जानकारी मिल पाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मंथन भविष्य में हिमालयी राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के लिए मददगार साबित होगा साथ ही नीति आयोग और वित्त आयोग को हिमालयी राज्यों की समस्याओं और वास्तविक स्थिति को जानने का मौका मिलेगा जिससे इन राज्यों के लिए नीति बनाने में आसानी रहेगी कॉन्क्लेव में वैचारिक मंथन के बाद प्राप्त निष्कर्षो को एक मसौदे का रूप देते हुए नीति आयोग को सौंपा जाएगा इससे नीति आयोग को हिमालयी राज्यों की आकांक्षाओं जरूरतों और क्षमताओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिससे इन राज्यों के लिए नीति निर्धारण करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि किसी भी समृद्व समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान होता है

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि उत्तराखण्ड राज्य की विद्यालयी शिक्षा और परिणामों में लगातार सुधार हो रहा है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों से बेहतर है इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए तैयार रहने को भी कहा स्लग सीएम खनन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून और हरिद्वार जिलों में विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन होने और वाहन दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नदियों से बजरी रेत का खनिज चुगान होने की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सभी भारी वाहनों को निर्धारित समय के भीतर ही मार्ग पर चलने की अनुमति देने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने देहरादून में शिमला बाईपास पर डम्पर द्वारा एक छात्रा को कुचले जाने से मौत की घटना के मद्देनजर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं हरिद्वार जिले के खेड़ी सिहोहपुर में खनन सामग्री से भरे डम्पर की टक्कर से दो लोगों की मृत्यु की घटना के सबंध में भी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं

स्लग समीक्षा बैठक उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में राजस्व वसूली के कम आंकलन को लेकर नाराजगी जताते हुए सभी तहसीदारों और उप निरीक्षकों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राजस्व क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही है राजस्व पुलिस और मित्र पुलिस द्वरा आपसी समन्वय बनाकर मामलों का निस्तारण किया जाय श्री चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों के एसडीएम को अपराध की घटनाओं का आकलन कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए उन्होंने तहसील स्तर पर अपत्तियों और विवादित मामलों को लेकर जल्द निस्तारण करने को भी कहा

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और अन्य नये डेस्टीनेशन विकसित किये जाने की सम्भावनाओं को तलाशने के निर्देश दिये उन्होंने कटारमल सूर्य मन्दिर में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिये जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही कटारमल मन्दिर समिति का भी गठन हो जाएगा जिससे यहां पर व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग मिलेगा

नई टिहरी में जिलाधिकारी वी षणमुगम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शौर्य दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की कार्यक्रम में जिले के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा उधर रुद्रपुर में भी शौर्य दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई अपर जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में शहीदों का बलिदान नही भूलेगा हिन्दुस्तान विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश भी दिये हैं

उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों के छात्र छात्राएं नये सिलेबस के लिए और पुस्तकें चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था करने के निर्देश दे दिये गए हैं

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्राचार्यों को कॉलेजों के लिए पुस्तकें वितरित की गई

देहरादून में प्रोजेक्ट के संबंध में हुई बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को हरियाली और पौधों के चयन के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से सहायता लेने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सीमेंटेड स्ट्रक्चर को हतोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए बैठक में परेड ग्राउंड जीर्णोद्वार पलटन बाजार में पैदल चलने के लिए मार्ग का निमार्ण जल आपूर्ति स्कैडा प्रणाली पेयजल संवर्द्धन और एकीकृत कलेक्ट्रेट कॉम्पलेक्स की ग्रीन बिल्डिंग के सम्बन्ध में चर्चा हुई मुख्य सचिव ने पलटन बाजार के लिए विशेष कलर प्लान तैयार करने और इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में के सभी नियमों का ध्यान रखने के भी निर्देश दिये

अभियान में एनएसएस के छात्र छात्राओं महिला मंगल दल युवक मंगल दल और ग्रामीणों ने भाग लिया

कल से इन गांवों में यह कार्य मनरेगा के माध्यम से किए जाएंगे जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल के नेतृत्व में ग्राम भीमली बन्दरतोली के जल स्रोत को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया इस दौरान हर व्यक्ति के लिए पांच पांच खन्ती बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे ग्रामीणों छात्र छात्राओं और महिला मंगल दलों ने पूरा किया इन खन्तियों के निर्माण से वर्षा का जल खन्तियों में जमा होगा और भूमिगत जल में वृद्वि होगी जिले के जल संकटग्रस्त स्रोतों पर जल संरक्षण का कार्य महा अभियान के रूप में किया गया इससे गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया स्लग जलसंचय उधमसिंह नगर में इस वर्ष एक सौ अतिक्रमित तालाबों को चिन्हित कर उसके निर्माण और सौन्दीयकरण का कार्य शुरू किया गया है

उन्होंने कहा कि इन तालाबों में जलसंचय के साथ मछली पालन करने से लोगों की आय भी बढ़ेगी इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर तालाब निर्माण के लिए इच्छुक किसानों को सरकार की तरफ से मनरेगा के तहत निशुल्क तालाब खुदाई का कार्य करवाया जा रहा है इससे लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है स्लग लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला पुल को आज से आवागमन के लिए बन्द कर दिया गया है

वर्तमान में अप्रत्याशित यातायात वृद्धि के कारण पुल काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है पुल के टावर भी झुकने लगे हैं इस कारण लक्ष्मण झूला पुल के भविष्य में क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है जिससे जनहानि भी हो सकती है

राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाने वाली एसडीआरएफ ने भी कावड़ को लेकर अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है